हरियाणा सरकार ने जनता को कोरोना के कहर से बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है

गृहमंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना को लेकर प्रदेश में फैलाई जा रही अफवाहों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सोशल मिडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर सरकार की पैनी नजर है और ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जायेंगा विज ने बताया कि वो बेहद जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करने जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि अगर घरों में निगरानी में रखे लोग भी कहीं इधर उधर जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर कल देश में जनता कर्फ्यू है इस मुद्दे पर बोलते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य एंव गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोग जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं अनिल विज ने अपील की कि सभी को अपने घरों में रहकर जनता कर्फ्यू को सफल बनाना है और इसके लिए सरकार ने बसें और गाड़ियां भी बंद करने का निर्णय लिया है

गायिका कनिका कपूर को लेकर भी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी विज ने कनिका कपूर के संपर्क में आये लोगों को नसीहत दी और कहा कि ये गंभीर बात है और जो लोग उनके संपर्क में आये हैं उन्हें खुद को अलग रखना चाहिए श्री विज ने कनिका कपूर के संपर्क में आये दीपेंद्र हुड्डा की चर्चाओं पर भी कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को भी खुद को अलग रखना चाहिए कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए पलवल की ग्राम पंचायत खेडली जीता की तरफ से आज ग्रामवासियों को निशुल्क मॉस्क वितरित किए गए इसके साथ ही गांव में आने वाले लोगों को भी मॉस्क लगाकर गांव के अंदर आने तथा मॉस्क लगाकर गांव से बाहर जाने के बारे में जागरूक किया गया सरपंच लिखीराम सौलौंकी ने गांव के लोगों से अपील की है कि गांव से बाहर नौकरी पर जाते समय मॉस्क का प्रयोग करें इसके साथ गांव में सब्जी व फल बेचने वाले व अन्य लोगों को भी गांव के मुख्य द्वार पर रोककर उनके हाथ सेनेटाईजर से साफ कराने तथा उन्हें मॉस्क लगाकर गांव में प्रवेश किया जा रहा है

सिरसा जिला कारागार में बंद एक बंदी को खांसी जुकाम होने पर जेल प्रशासन ने उसे कोरोना आशंकित मानते हुए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया इस मरीज को अलग वार्ड में भर्ती किया गया और ईलाज भी शुरू कर दिया गया

हरियाणा सरकार के निर्देश अनुसार अन्य विभागों की तर्ज पर पशुपालन विभाग ने भी पशु अस्पतालों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सैनेटाईज करना शुरू कर दिया है इसी कड़ी में आज भिवानी जिले के अस्पताल व मुर्राह बुल स्टेशन में छिड़काव किया गया तथा वहां सैनेटाइजेशन अभियान चलाया गया पशु लेकर आए पशुपालकों को भी करोना ना फैलने से बचाने बारे जागरूक किया गया यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि विश्व में कोरोना वायरस चार चरणों में असर कर रहा है लेकिन भारत अभी दूसरे चरण पर है और प्रशासन एहतियात के तौर पर तीसरे चरण की तैयारी कर रहा है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके

हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कोरोना वायरस से बचाव व इसको फैलने से रोकने के लिए लोगों से इस वैश्विक महामारी पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों व प्रयासों में सहयोग की अपील की है

उन्होंने कहा कि जनता कर्फयू में सहयोगी बनकर कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में सभी अपनी भूमिका निभायें आकाषवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी फोन इन कार्यक्रम में आज कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत परिचर्चा प्रसारित करेगा

यह कार्यकम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढे नौ बजे से सुना जा सकता है

कोरोना वायरस से होने वाले संभावित संकमण की रोकथाम के दृष्टिगत लघु सचिवालय पलवल में आज सैनेटाईजर स्प्रे व साफ सफाई का कार्य किया गया